मतदाता पर्ची निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदाताओं को मतदान के पहले घर घर वितरित की जाने वाली मतदाता पर्ची के पीछे पोलिंग बूथ के नजरी नक्शा के अलावा बूथ नम्बर चुनाव की तिथि एवं समय हेल्पलाइन नम्बर बीएलओ का नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित मतदाता के मार्गदर्शन हेत् महत्वपूर्ण सूचनाएं मुद्रित की जा सकेगी वोटर पर्ची का प्रकाशन फोटोयुक्त वोटर लिस्ट के माध्यम से किया जाएगा ताकि मतदाता की फोटो में भिन्नता की स्थिति निर्मित न हो वोटर पर्ची का वितरण बीएलओ द्वारा राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट के साथ किया जाएगा ताकि किसी भी राजनैतिक दल को शिकायत का अवसर न मिल सके सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा पर्ची का वितरण कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा तथा कार्यक्रम की सूचना राजनैतिक दलों को भी दी जाएगी मोदी प्रचार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में अरूणाचल प्रदेश से भाजपा का चुनाव अभियान शुरू किया श्री मोदी ने पश्चिमी सिआंग जिले के आलो में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर राज्य के विकास की अनदेखी करने का आरोप लगाया एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र ने पांच साल में पचास हजार परिवारों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के साथ ही चालीस हजार महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिए

इस मौके पर भाजपा के पूर्व मंत्री राजेन्द्र शुक्ला के भाई विनोद शुक्ला ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की

मुख्य न्यायाधीश एसकेसेठ सहित पांच सदस्यीय पीठ ने फैसले में कहा कि संशोधित नियम में जिला कलेक्टर को जो शक्तियां प्रदान की गयी है उसके खिलाफ अपील और रिवीजन का प्रावधान है ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि जिला कलेक्टर को असीमित अधिकार प्रदान किये गये है इस आदेश के साथ पीठ ने तीन सदस्यीय पीठ द्वारा पारित आदेश को खारिज कर दिया है एक याचिकाकर्ता सहित लगभग एक दर्जन याचिकाओं की सुनवाई में कहा गया था कि खनन और खनिज नियम में संशोधन कर जिला कलेक्टर को यह अधिकार प्रदान कर दिया है कि अवैध परिवहन करते पकडे गये वाहन को राजसात कर सकते है कलेक्टर चाहे तो अवैध परिवहन करते पाये जाने पर चार बार तक जुर्माना लेकर छोड सकता है उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के आदेश का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया था कि पहले तीन बार जुर्माने का प्रावधान है आदेश का अवलोकन करने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएसझा और संजय दिवेदी की युगल पीठ ने याचिका को मुख्य न्यायाधीश के पास दिशा निर्देश के लिये भेजा था इसके बाद उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिये पांच सदस्यीय पीठ गठित की थी

लोकसभा चुनाव के लिये मतदान और मतगणना के दिन उपार्जन बंद किये जाने का निर्णय अलग से प्रसारित किया जाएगा किसान कल्याण और कृषि विभाग द्वारा इस बारे में कल सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिये गये

इस अवसर पर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक विजय कुमार सिंह भी उपस्थित थे अर्थ आवर डे ऊर्जा की बचत कर पृथ्वी को सुरक्षित रखने के उद्वेश्य से आज रात आठ बजकर तीस मिनट से नो बजकर तीस मिनट तक अर्थ ऑवर होगा इसमें शामिल होने वाले लोग और प्रतिष्ठान एक घंटे के लिए बत्तियां बंद रखेंगे रतलाम जिले में भी आज अर्थ आवर दिवस मनाया जा रहा है इस दौरान कार्यकम आयोजित कर ऊर्जा की बचत के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है

इस कार्यक्रम के तहत इंदौर में भी माणिक बाग रोड पर हर तबके के लोग प्रधानमंत्री से रूबरू होगें ब्रेल मतदाता पर्ची प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिव्यांग मतदाताओं के लिये ब्रेल मतदाता पर्ची तैयार करने के निर्देश दिये है अधिकारिक जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव में दिव्यांग मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये यह निर्देश दिये गये है इस मतदाता पर्ची का वितरण सभी जिलो में तय सीमा में किया जाएगा मतदाता जागरूकता लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है इसी कडी में उमरिया में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में मशाल जुलूस निकाला गया जिसमें बडी संख्या में लोगों ने शामिल होकर सहभागिता की वहीं शिवपुरी जिले में मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका महिला स्व सहायता समूह द्वारा कल एक रैली निकालकर मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान के लिये प्रेरित किया इस दौरान समूह की महिलाओं ने गीतों के माध्यम से लोगों से मतदान करने की अपील की नीमच जिले में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत आगामी एक अप्रैल को दिव्यांग रैली का आयोजन किया जाएगा सतना जिले में अधिक से अधिक मतदान के लिये जागरूकता रैली निकालने के साथ ही रंगोली के माध्यम से और शपथ दिलाकर मतदान की अपील की जा रही है वहीं छतरपुर जिले में भी स्वीप गतिविधियों के तहत कल महिलाओं द्वारा जागरूकता रैली निकाल कर लोगों को मतदान के लिये प्रेरित किया मंडला में आज दोपहर स्वीप आनंद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है इसमें विभिन्न प्रकार की खेल गतिविधियों और गीत गायन के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा डिडौरी में एक महिला संगठन द्वारा मतदाता जागरूक कार्यक्रम आयोजित किया गया

छतरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि सत्र के पहले दिन बालसभा के आयोजन के साथ ही आनंदमय वातावरण में बच्चों को सिखाया जाएगा इस दौरान शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिये अभिभावको को बच्चों के परीक्षा परिणाम से भी अवगत कराया जाएगा

सूचना आयुक्त राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज मध्यप्रदेश सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त और दो सूचना आयुक्तों को पद की शपथ दिलायी राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में अरविन्द कुमार शुक्ला को मुख्य सूचना आयुक्त और डाक्टर गोल्ला कृष्णा मूर्ति तथा राहुल सिंह को सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलायी मौसम प्रदेश में गर्मी ने अभी से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है

इनमें खजुराहो नौगांव सागर दमोह बैतूल धार खंडवा खरगौन रतलाम शाजापुर उज्जैन गुना और ग्वालियर शामिल है

मौसम केन्द्र भोपाल के वैज्ञानिक जीडी मिश्रा ने बताया कि एक प्रति चकवात बनने से राजस्थान और गुजरात से आ रही गर्म हवाओं के चलते प्रदेश में गर्मी बढी है खंडवा जिले में भी सूर्य के तेवर और तेज हो गए हैं

वही जिले में हुई अचानक तापमान की वृद्धि से जनजीवन प्रभावित हुआ है भीषण गर्मी की वजह से लोगो को शीतल पेय जल का सहारा लेना पड़ रहा है

हालांकि विभाग ने प्रदेश के ग्वालियर चंबल सागर जबलपुर संभागो के साथ ही रायसेन और विदिशा जिलो में कहीं कहीं हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है राजधानी भोपाल के कुछ हिस्सों में भी गरज चमक की स्थिति बन सकती है